केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्ट फोन तथा टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा सावन पूर्णिमा के अवसर पर सीमित संख्या मे श्रद्दालुओं को बैद्यनाथ मंदिर में प्रवे

भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षा बंधन आज राज्य भर में उत्साह पूर्वक मनाया जा रहा है

कोरोना से मृत्युदर भी घटकर दो दशमलव एक एक प्रतिशत तक आ गई है

उदघाटन के बाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह से जिले में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है उसे ध्यान में रखते हुए अस्पतालों की संख्या में भी बढ़ोतरी करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है धनबाद में अभी मरीजों की संख्या छह सौ पांच है वहीं गिरीडीह जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या छह सौ दस हजारीबाग में छह सौ सैंतालीस और कोडरमा में कोरोना संक्रमितों की संख्या छह सौ एक है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

कोविड रोगी वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है लेकिन क्छ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा उन्होंने कहा कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों की परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं

उन्होंने कहा कि पीएम किसान और ई नाम जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंद पर जोर दे रही है

स्कूल जाने वाले बच्चों को अब मध्याहन भोजन के साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाएगी और उनका हेत्थ कार्ड भी जारी किया जाएगा सभी स्कूली बच्चों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सरकारी सहायता प्राप्त स्कलों में मध्याहन भोजन के साथ नाश्ते का भी प्रावधान किया गया है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीआई ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियां फिर शुरू करने के लिए सभी राज्य क्रिकेट संघों को मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है बीसीसीआई ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही फिर प्रशिक्षण शुरू किया जा सकेगा

दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी को वेबिनार करने और लोगों को सभी नियमों के बारे में सुचना देनी होगी सभी खिलाडियों और कर्मचारियों को कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है प्रशिक्षण पर लौटने से पहले सभी राज्यों की मेडिकल टीम को ऑनलाइन प्रश्नावली के जरिये सभी खिलाडियों और कर्मचारियों की पिछले दो सप्ताह की यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करनी होगी उन्हें आरोग्य सेतू एप भी डाउनलोड करना होगा

राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में यह अनुमति दी है देवघर जिले के उपायुक्त ने दिए गए निर्देश में कहा है कि एक सौ लोगों को ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगें मंदिर में प्रवेश करने वाले लोग हीं संक्रमण से बचाव के लिए दिए गए निर्देशों का पुरी तरह से पालन करना होगा सभी दर्शनार्थियों को मास्क लगाने सेनेटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा भादो में मंदिर खोलने को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकिनाथ धाम में आज पवित्र सावन महीने के अंतिम दिन और अंतिम सोमवारी को बाबा की विशेष पूजा की गई आज सावन की पूर्णिमा और पांचवीं सोमवारी को मंदिर के प्रधान पुजारी सदाशिव पंडा ने अपने सहयोगियों के साथ बाबा बासुकिनाथ की विशेष विधि से प्रजा की आज विश्व संस्कृत दिवस है इस अवसर पर आज आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया गया

यह कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम ट्वीटर हैंडिल एआईआर न्यूज अलर्ट्स न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल ऐप और आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा

स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग ध्यान केंद्रित करते हुए देश में स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और गामोद्योग आयोग की ओर से शुरू किए गए रोजगार सुजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के नाम से शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजद्रों को रोजगार उपलब्ध कराना है प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसकी शुरूआत जल्द की जाएगी इसके पूरी तरह लागू हो जाने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा बंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि राखी प्रेम स्नेह और विश्वास का प्रवित्र धागा होता है जिसे बहनें अपने भाईयों की कलाई में बांधती है उन्होंने कहा कि यह एक विशेष त्यौहार है जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी भलाई के कार्य प्रति भाईयों की इच्छाओं को मजबुती प्रदान करता है उन्होंने सभी से महिलाओं की मर्यादा और सम्मान के लिए एकजुट रहने का संकल्प लेने को कहा ताकि वे राष्ट्र और समाज के लिए श्रेष्ठ योगदान कर सकें उप राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि पूरे भारत और विश्व में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई और बहन के बीच प्रवित्र संबंधों का सम्मान किया जाता है और यह त्यौहार प्रेम तथा स्नेह के मजबूत संबंधों को दृढता प्रदान करता है राज्य भर में भाई बहनों के प्रेम का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है अन्य त्योहारों की तरह रक्षा बंधन पर भी कोरोना वायरस के प्रभाव का असर देखा जा रहा है

भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन पर महिलाओं ने चक्रधरपुर थाना में पुलिसकर्मियों को समाजिक द्री का पालन करते हये राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया लायंस क्लब और समाजिक कार्यकर्ता समृह की महिलाओं ने परिवार से दूर शहरवासियों की सुरक्षा में तैनात थाना प्रभारी पुलिस अधिकारी और अन्य पुलिस जवानों को कलाई पर राखिया बांधी वैश्विक कोरोना महामारी में अधिकतर पुलिसकर्मी अपने परिवार से लंबे समय से दूर हैं चतरा जिले की बहनों ने अपने अपने घरों में खूद से बनाई राखियां सीआरपीएफ कैम्प के जवानों की कलाईयों पर बांधी इधर खूंटी जिले में भी भाई और बहनों के प्यार का पवित्र त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है कोरोना संक्रमण के कारण इस बार रक्षा बंधन में बहने द्वर रहकर ही भाइयों के लिए राखी पार्सल के माध्यम से भेजी हैं साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जन मुंडा का कोरोना जागरूकता संदेश भी राखी के बंद पार्सल में भेजा है रक्षाबंधन के मौके पर नकली खोवा और मिलावटी मिठाई की बिकी की शिकायत मिलने पर राजधानी रांची में कल खाद्य विभाग की टीम ने कई होटलों और मिठाई की दकानों में शुद्धता की जांच की उपायुक्त के निर्देश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मिठाई दुकानों में जाकर मिठाईयों के सैंपल लिये और प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया जम्म कश्मीर में सेब उत्पादकों को अधिकतम दाम प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक कार्यक्रम शुरू किया गया था यह कार्यक्रम भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तत्वावधान में कृषि मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है इस योजना से कषक समदाय में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हई है और उन्हें बाजार की उन ताकतों के शोषण से बचने का मजबूत आधार मिला है जो किसानों को उपज का नुकसान पहुंचाती थीं